निर्वाचन आयुक्त ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की महिलाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए सखी संगनी और शक्ति समितियों का गठन होगा प्रदेश में कल से ग्रामसभाओं की शुरूआत होगी शहीद सम्मान दिवस प्रदेश में आज ष्शहीद सम्मान दिवसः मनाया जायेगा राज्य शासन ने शहीद सम्मान दिवस पर युद्ध सैनिक कार्यवाही आंतरिक सुरक्षा नक्सलवाद और आतंकवादियों गतिविधियों के दौरान कर्त्तव्य निर्वहन करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया जायेगा इसके साथ ही जिस गाँव में शहीद सैनिक का जन्म हुआ या उनका परिवार निवास कर रहा है वहाँ के विद्यालय अथवा शासकीय भवन का नामकरण शहीद के नाम पर रखा जाएगा शहीद सम्मान दिवस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री स्थानीय मंत्री सांसद विधायक और अन्य जन प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे विदयालयों में शहीदों की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे तथा स्कूली बच्चों के समक्ष शहीदों की शौर्य गाथा को वाचन किया जायेगा

निर्वाचन निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त चंद्रभूषण कुमार ने जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन करवाये

उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में व्हीव्हीपैट मशीन का उपयोग किया जा रहा है इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये मीडिया के साथ सकारात्मक एवं नियमित संवाद रखा जाये

इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कठोर कार्यवाही की जायेगी

स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को विद्यालय उपहार योजना में जन सामान्य को प्रोत्साहित करने के लिये निर्देश भी दिये हैं विद्यालय उपहार योजना में सभी सरकारी विद्यालय अपनी विद्यालयीन आवश्यकताओं को चिन्हित कर उनकी पूर्ति के लिये समाज से उपहार प्राप्त कर सकते हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों के भौतिक एवं अकादमिक विकास के लिये समाज से वस्तुरूपी सहायता उपहार के रूप में प्राप्त करना है स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल पर विद्यालय उपहार नाम से मॉड्यूल उपलब्य करवाया गया है

रेलवे ने अपने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले गाड़ियों के परिवर्तित समय को अवश्य ध्यान में रखें

ये कार्यशाला भोपाल के माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर स्थित राज्य आनंद संस्थान में होगी आधिकारिक जानकारी के अनुसार कार्यशाला के लिये शासकीय और अशासकीय व्यक्ति अपना पंजीयन करवा सकते हैं इस बारे में अधिक जानकारी के लिये संस्थान की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट आनंदसंस्थानएमपी डॉट इन पर संपर्क किया जा सकता है

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अच्छे आचरण सहित अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर वर्ष में दो बार कैदियों को रिहा करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाता है

सभी को रिहा करने ेकी अनुमति मिल गयी है

जल महोत्सव खंडवा के हनुवंतिया में चौथा जल महोत्सव आगामी आठ दिसम्बर से शुरू होगा

इस बार जल महोत्सव के दौरान एडवेंचर गतिविधियों पर विशेष रूप से फोकस रहेगा चौथे जल महोत्सव आयोजन की तैयारियों संबंधी बैठक में यह जानकारी दी गई इस मौके पर पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक टी इलैया राजा और टूरिज्म बोर्ड की अपर प्रबंध संचालक भावना वालिम्बे समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे

वॉटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विभिन्न सुविघाएँ उपलब्य करवाई जाएगी महिला आयोग राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लता वानखेड़े ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तर पर सखी समिति विकासखण्ड स्तर पर संगिनी समिति और ग्राम स्तर पर शक्ति समिति गठित की जायेगी समितियों के माध्यम से महिलाओं की समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित किया जायेगा

श्रीमती वानखेड़े ने कल भोपाल में सखी संगिनी प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए यह जानकारी दी श्रीमती वानखेड़े ने समितियों के सदस्यों को परिचय पत्र प्रदान करते हुए कहा कि प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों से समन्वय स्थापित करें तथा महिलाओं के विंकास पुनर्वास तथा विभिन्न समस्याओं के निराकरण की दिशा में सक्रियता से काम करें

इस दौरान लोगों को चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है